पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा वायु प्रदूषण के मुद्दे के समाधान के लिए सभी पक्षों को मिलकर करना होगा विचार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गये कई महत्वपूर्ण निर्णय अयोध्या में सौन्दर्यीकरण और विकास कार्यो के लिए चार सौ सैंतालिस करोड़ की धनराशि स्वीकृत प्रदेश में हर्षोल्लास के वातावरण में धार्मिक आस्था के साथ मनाया जा रहा है छठ महापर्व भारत और जर्मनी ने वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों का संयुक्त रूप से सामना करने के लिए रणनीतिक सहभागी के रूप में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और प्रगाढ़ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल के बीच नई दिल्ली में हई बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि दोनों पक्ष रक्षा उद्योग के परीक्षण और प्रमाणन में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं दोनों पक्षों ने स्वीकार किया कि शांति स्थिरता और समृद्वि को सुरक्षित करने के लिए मजबूत और प्रभावी बहुपक्षीय सहयोग आवश्यक है इससे पहले जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और जर्मनी आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने के लिए आपसी और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करेंगे आतंकवाद और उग्रवाद जैसे खतरों से निपटने के लिए हम बायलेट्रल और मल्टीलेट्रल सहयोग को और घनिष्ठ बनाएगें हम जर्मनी को आमंत्रित करते हैं कि रक्षा उत्पाद के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश और तमिलनाड़ में डिफेंस कॉरिडोर में अवसरों का लाभ उवाएं भारत और जर्मनी के विश्वास और मित्रतापूर्ण संबंध डेमोक्रेसी रूल ऑफ लॉ जैसे साझा मूल्यों पर आधारित है प्रधानमंत्री ने कहा कि सम्बंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए दोनों देश उच्च प्रौद्योगिकी आर्टिफिशियल इन्टेलिजेंस शिक्षा साइबर सुरक्षा ई मोबिलिटी ईथन सेल प्रौद्योगिकी अंतर्देशीय जल परिवहन तटीय प्रबंधन पर्यावरण संरक्षण और नदियों की सफाई पर जोर दे रहे हैं उन्होंने कहा कि एंगेला मर्केल ने भारत जर्मनी संबंधों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है पिछले लगभग डेढ़ दशक से चांसलर के रूप में उन्होंने भारत जर्मनी संबंधों को प्रगाढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है इसके लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं आज हमारे बीच इंटर गर्वमेंटल कन्सलटेशन्स की पांचवी बैठक हुई इस अनूठी मैंकोनिज्म से हर क्षेत्र में हमारा सहयोग और भी गहरा हुआ है चांसलर मर्केल ने कहा कि आर्टिफिशियल इन्टेलिजेंस और डिजिटल बदलाव के क्षेत्रों में सहमति पत्रों और समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं उन्हॉने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति के लिए भारत को बवाई दी मर्केल ने कहा कि फाइव जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र एक चुनौती है और उन पर मिलकर काम करना महत्वपूर्ण होगा दोनों देशों ने पांचवें भारत जर्मन अंतर सरकारी परामर्श के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में सत्रह सहमति पत्रों और समझौतों पर हस्ताक्षर किए इससे पहले तीन दिवसीय यात्रा पर परसों रात नई दिल्ली पहुंची चांसलर मर्केल का कल सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में स्वागत किया केंद्रीय पर्यावरण और जलवायू परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि वायू प्रद्षण समस्या का समाधान निकालने के लिए सभी पक्षों को मिल बैठकर विचार करना चाहिए एक दूसरे पर दोषारोपण करने से कोई लाभ नहीं होगा श्री जावडेकर ने कहा कि प्रदूषण के खिलाफ जो मोदी सरकार की नीति अपनाएगी पांचों राज्य के लोगों को इक्हा बिगकर उद्योगों में और अन्य गतिविधियों में प्रदूषण कैसे कम हो इसकी चिंता करें उसका पालन करें प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि परंपरागत ईंधन से चलने वाले सभी पांच लाख सरकारी वाहनों को चरणबद्व तरीके से ई वाहन में परिवर्तित किया जाएगा उन्होंने कहा कि इन ई वाहनों का मूल्य कम होगा पर्यावरण अनुकूल होंगे और पेट्रोल या डीजल की खपत भी कम होगी सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में खरीदे गए इलैक्ट्रिक वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना करने के अक्सर पर मीडिया से बातचीत में श्री जावड़ेकर ने कहा कि ये ई वाहन सर्दियों के मौसम में दिल्ली में प्रदूषण को बढ़ने से रोकने में काफी सहायक होंगे शहरों में खास करके जहां लाखों वाहन चलते हैं वहां ई स्हीकल ज्यादा हो ये जरूरी है और इसके लिए भारत सरकार ने ई हीकल लेने वाले को सब्सिडी दिया है प्रोत्साहन दिया है इंसेंटीवाइस किया है प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने प्रदूषण का स्तर घटाने के कई उपाय किए हैं प्रदेश सरकार ने अयोध्या में पर्यटन विकास के लिए सौन्दर्यीकरण व अन्य कार्यो के लिए चार सौ सैंतालिस करोड़ से अधिक की धनराशि खर्च करने को मंजूरी दे दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया प्रदेश सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा और सिद्वार्थनाथ सिंह ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि अयोध्या में सौन्दर्यीकरण के लिए डिजिटल म्यूजियम फूड प्लाजा लाइव्रेरी और भगवान श्रीराम की भव्य प्रतिमा स्थापित करने के लिए चार सौ छियालीस करोड़ से अधिक की धनराशि स्वीकृत की गई है कैबिनेट ने वाराणसी में पर्यटकों की सुविधा के लिए पर्यटक पुलिस थाना की स्थापना का भी निर्णय लिया कैविनेट बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में अट्ठाइस विकास खंडों के सुजन के लिए पुनः सर्वे और अध्ययन की आवश्यकता है इसलिए अब इनकी फिर से विवेचना होगी कैविनेट ने प्रदेश की सौर ऊर्जा नीति के तहत यूपीनेडा द्वारा पांच सौ मेगावाट क्षमता का संयंत्र लगाने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक निविदा दस्तावेजों के आधार पर कंपनियों के चयन के लिए प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को राज्य में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं उन्होंने बढ़र्ते प्रदूषण के कारणों और इससे शीघ्रता से निपटने के उपाय खोजने को भी कहा है मुख्यमंत्री ने प्रदेश में प्रदूषण की बढ़ती समस्या पर कल शाम लखनऊ में समीक्षा बैठक में ये बातें कहीं वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उच्च प्रद्षण वाले जनपदों के अधिकारियों से उन्होंने लोगों को इस संबंध में जागरूक करने को भी कहा है प्रदेश में सभी अट्ठारह पुलिस रेंज में साइबर थाने और फॉरेंसिक लैब की स्थापना की जायेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह निर्देश लखनऊ में लोक भवन में गृह विभाग के एक प्रस्तृतीकरण के दौरान दिये उन्होंने कहा कि इसके लिये आवश्यक मानव संसाधन की भर्ती प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा कर लिया जाये मुख्यमंत्री ने राजधानी में फॉरेंसिक विश्वविद्यालय की स्थापना के कार्य को भी तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिये इस अवसर पर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि राज्य में पूलिस की बैरक विवेचना कक्ष हास्टल ट्रांजिट हास्टल और आवासीय तथा अनावासीय भवनों की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है उन्होंने बताया कि इस संबंध में निर्माण कार्यो के लिये इस वित्तीय वर्ष में दो हजार एक सौ अट्ठानवे करोड़ रूपये से अधिक की धनराशि स्वीकृत की गई है उन्होंने कहा कि पहली बार पुलिस विभाग में इतनी बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों के लिये आवासीय और अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है सूर्य उपासना का महापर्व सूर्य षष्ठी यानी छठ पर आज प्रदेश भर में विशेष रूप से पूर्वी जिलों में अत्यंत उत्साह है लोग धार्मिक श्रद्वा और उल्लास के वातावरण में पर्व मना रहे हैं कल खरना पूजा के बाद श्रद्वालु आज निर्जल उपवास पर हैं आज शाम श्रद्वालु अस्तांचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगे और कल उगते हुए भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के बाद अपना व्रत सम्पन्न करेंगे इस बीच कल बाजारो में भीड़ भाड़ और चहल पहल रही विमिन्न पूर्वी जिलों में लोगों ने देर शाम तक छठ पूजा से जुड़ी वस्तुओं की खरीदारी की

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को छठ पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है अपने बधाई संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह पर्व हमें प्रकृति के साथ मानव के जुड़ाव का संदेश देता है